कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए समी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने दो टीकों से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरु किया गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में देशवासियों के लिए टीके विकसित किए हैं और हमारे टीके भारत की कोल्ड चेन प्रणाली के अनुकूल हैं श्री मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें

इन कंपनियों में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल हैं सीरम इंस्टीट्यूट भारत में एस्ट्रा जेनेका की कोविशील्ड का उत्पादन कर रहा है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि देश में बने कोरोना का टीका कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के प्रति भी प्रभावी है भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सार्स कोव दू के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्था ने बताया है कि कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्राभावी करने की क्षमता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति ख्राक के लिए चार सौ रूपये और निजी अस्पतालों को छह सौ रूपये देने होंगे भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कम्पनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केन्द्र द्वारा हाल में दी गई छूट के मद्देनजर कीमतों के बारे में यह घोषणा की है नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का पचास प्रतिशत केन्द्र को और पचास प्रतिशत राज्य सरकारो तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि नए निर्देश से वैक्सीन का उत्पादन बढाने में मदद मिलेगी और राज्यों निजी अस्पतालों और टीकाकरण केन्द्रों को यह आसानी से उपलब्ध हो सकेगा रांची पुलिस ने कोरोना के गंभीर मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए एक कोविड हेल्पलाइन समुह का गठन किया है

उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों की सहायता के लिए तीन विशेष पुलिस टीम का गठन किया है ये टीम समस्याओं को न सिर्फ सुनेगी बल्कि उन्हें मदद भी पहुंचाएगी पहली टीम रिम्स में तैनात की गयी है जहां बरियातू के थाना प्रभारी सपन क्मार महथा को वालंटियर पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है वहीँ दूसरी टीम को सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया गया है तीसरी टीम पुरे रांची जिले में कहीं भी आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान करने के लिए गठित की गयी है जिसके लिए पुलिस निरीक्षक जॉन मुर्मू को वालंटियर पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है एच एल एल लाइफकेयर लिमिटेड करीब पचास हजार मीट्रिक टन आयातित मेडिकल ऑक्सीजन खरीदेगी जिसका वितरण देश में केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अस्पलतालों में किया जायेगा स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद बनाने वाली यह कंपनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है

इसके अंतर्गत अगले हफ्ते बुधवार तक बोली लगाई जा सकती है केन्द्र सरकार कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समी आवश्यक कदम उठा रही है

लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी के कारण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने यह निर्णय लिया है हालाँकि एटीएम की सेवा पहले की तरह ही चौबीस घंटे चालू रहेगी समिति के महाप्रबंधक उदलोक भट्टाचार्या ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हए यह एडवाइजरी जारी की गयी है जिसके तहत मां बनने वाली महिलाएं और दिव्यांग कर्मियों को घर से यथासंभव काम करने की भी छट प्रदान की गयी है उन्होंने बताया कि सभी तरह की बैठकें सिर्फ ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं इसके अलावा उन्होंने ग्राहकों से भी सारे लेनदेन ऑनलाइन करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में अगर बहुत जरुरी हो तभी ग्राहकों को बैंक आना चाहिए

इन्हें मिलाकर अब तक एक करोड़ छप्पन लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं

देश में अब तक एक करोड़ बत्तीस लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं

यह संख्या ँपिछले साल के हमारे अधिकतम संख्या के दो गुणा है

पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है जिले के सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर साहिल पाल ने बताया कि जिले में पहले दो हजार जांच हो रहे थे लेकिन अब प्रतिदिन तीन हजार आरटीपीसीआर जांच कराये जा रहे हैं कोरोना की जांच के लिए देवघर जिले के सभी प्रखंडो में कल रैपिड एंटीजेन टेस्ट ड्राईव चलाया जायेगा जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रैपिड एंटीजेन टेस्ट ड्राइव के तहत छह हजार लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है

सभा में शामिल जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि इस दुःख की घड़ी में पूरा जिला प्रशासन उनके परिजनों के साथ है इस सभा में बड़ी संख्या में जिले के पत्रकार शामिल हुए और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया रांची स्थित मौसम केंद्र के कार्यालय प्रमुख और वैज्ञानिक डॉ के वी पडलवार का आज कोरोना से निधन हो गया वे रिम्स में इलाजरत थे केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कार्यालय में ही कार्यरत मौसम प्रेक्षक जेके साह की भी बीती रात कोरोना से मृत्यू हो गयी इधर मुरी रेलवे स्टेशन में पदस्थापित रेलवे सुरक्षा बल के इन्स्पेक्टर आरके तिवारी की भी आज कोरोना से मौत हो गयी उनका रिम्स में इलाज चल रहा था वहीं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता के कोरोना से संक्रमित हो जाने पर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है आज रामनवमी है कोरोना महामारी के कारण इस बार इसे सांकेतिक रूप से ही मनाया जा रहा है अधिकतर लोगों ने अपने घरों में ही आज भगवान राम की पूजा अर्चना की इधर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने समस्त राज्य और देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक श्रभकामनाए दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मर्यादा प्रुषोत्तम राम का जीवन हमें मर्यादा के पालन त्याग और साहस की प्रेरणा देता है उन्होंने राज्यवासियों से कहा कि वे कोरोना संक्रमण को देखते हए रामनवमी का पवित्र त्यौहार पुरी आस्था के साथ अपने घर में मनाएं और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशो का पालन करें श्री सोरेन ने कहा कि अनुशासित जीवन से ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है आज सिविल सेवा दिवस है जनसेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सिविल सेवाएं हर वर्ष यह दिवस मनाती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उप राष्ट्रवपति एम वेंकैया नायड् और सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं